प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की झारखण्ड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो काफ्रेंसिंग में भाग लिया इस दौरान कोरोना संक्रमण के संकट से निबटने को लिए विचार विमर्श किया गया खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की रिथति नियंत्रण में नहीं रहती है तो लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो जायेगा ऐसे में लॉकडाउन खत्म करने का कोई मतलब नहीं है श्री उरांव ने कहा कि झारखंड में कोरोना वायरस दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से या इनसे संपर्क करने वालों लोगों से फैला है और स्थानीय लोगों में संक्रमण की स्थिति नहीं के बराबर है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनी राज्यस्तरीय समन्वय समिति की आज बैठक होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आए सुझावों के अनुरूप ही कोरोना संकट को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएगें

जामताड़ा से पहली बार कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है

छत्तीसगढ़ से पांच बाइक पर सवार होकर दस लोग मुर्शिदाबाद जा रहे थे जिन्हें धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बने चेकपोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पकड़ा पकड़े गए युवकों ने बताया कि वह लोग छत्तीसगढ़ में कपड़े की फेरी का काम करते थे इस दौरान लॉकडाउन में स्थिति खराब होने पर सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े

कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं इसी क्रम में खूंटी जिले में केमिस्ट एन्ड इगिस्ट एसोसिएशन अड़की प्रखंड के सुद्रवर्ती इलाकों में पहुंचा अड़की गम्हरिया लुपुंगहातू और जारंगा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए गरीब असहाय और जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा इस परिचर्चा में भाग लेंगे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

पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आय में कमी करने पर विचार नहीं कर रही है एक वेब पोर्टल पर आयी खबर की प्रतिक्रिया में यह बताया गया है इसमें दावा किया गया था कि केन्द्र सरकार सेवानिवृत्ति की आय घटाकर पचास वर्ष कर रही है

टवीट में स्पाष्टय किया गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून लाने पर विचार नहीं कर रही है और लोगों को इस तरह की अफवाहें न फैलाने की सलाह दी गई है मणिप्र में प्रकाशित एक खबर के बारे में असम में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक तथ्य की जांच की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि तमेंगलोंग में जिला अस्पताल में बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी थी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस दावे का पहले ही खंडन किया था

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि कोविड के पांच हजार नौ सौ तेरह लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है

केन्द्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार पूछे जा रहे सवालों की प्रश्नावली जारी की है

आई सी एम आर द्वारा विकसित मानकों के अनुसार कोई भी इच्छुक संगठन या संस्थान जांच कर सकता है

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पी पी ई के उत्पादन में बेंगलुरू मुख्य केन्द्र बनकर उभरा है

इसके अलावा कोलकाता दिल्ली नोएडा गुरूग्राम और अन्य स्थानों पर भी पी पी ई किट बनाये जा रहे हैं अभी तक देश में कुल मिलाकर दस लाख पी पी ई बनाये जा चुके हैं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

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस दावे को गलत बताया है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी

श्री निशंक ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में फैसला लिया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस में हर वर्ष होने वाली दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी इस वर्ष नहीं की जाएगी उन्होंने बताया कि सरकारी निजी साझेदारी वाले सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से भी कहा गया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष में किसी भी पाठ्यक्रम की ट्युशन फीस नहीं बढाई जाए